उधर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की उन्होंने राज्यपाल को सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र की जानकारी दी बिंदल ने कहा कि बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पुरी कर ली गई हैं

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी क्मार चौबे ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी

श्री चौबे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्यों को उनकी चिकित्सा प्रणाली में सुधार करने में महत्वपूर्ण सहयोग देता है कोर्फ बॉल अखिल भारतीय कोर्फ बॉल फैडरेशन प्रतियोगिता कल ऊना में संपन्न हुई फाइनल मुकाबले में हिमाचल की टीम ने जम्मू कश्मीर को सात दो के अंतर से हराया समापन अवसर पर राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई मौसम साफ रहने और ध्वप खिलने से प्रदेशवासियों ने भी कडाके की ठंड से राहत ली है लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जनजातीय इलाकों सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में बंद पड़ी सड़कों को खोलने में जुट हुए हैं

पांच फरवरी को पहली उड़ान भूंतर तांदी डाइट भूंतर दूसरी भूंतर सटींगरी जिस्पा भूंतर तीसरी भूंतर रावा भूंतर और चौथी उड़ान भूतर उदयपुर भूतर के बीच होगी ये उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर के शब्द हैं सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों की टीमें मेजने के निर्देश जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है स्वाइन फ्लू पर हिमाचल सरकार अलर्ट बिजली महादेव रोप वे प्रोजेक्ट को जमीन देने से मंदिर कमेटी का इंकार दैनिक भास्कर की एक ख़बर है

आपका फैसला लिखता है अधिकारी व चौकीदार रिश्वत लेते रंगे हाथों धरे आपका फैसला की एक अन्य ख़बर है पॉलीटेक्नीक कॉलेज सुंदरनगर के पूर्व छात्र ने बनाई गो हायडर एप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे लांच

अब एक नजर संपादकीय पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते है कर्मचारियों की जिम्मेदारी जनता के हित में कार्य करना है न कि अपने हित साधना आम लोगों को चाहिए कि वे अपने काम निकलवाने के लिए अनैतिक तरीके न अपनाएं शीर्षक है कार्य संस्कृति जरूरी